इसमें श्री वाजपेयी का अस्थि कलश भी रखा जायेगा वहीं उनकी जन्मस्थलि ग्वालियर में कल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्वासुमन अर्पित करेंगे दोनों नेता ग्वालियर की सभा में भी शामिल होंगे श्रद्वांजलि सभा के बाद अस्थिकलश भाजपा प्रदेश कार्यालय में रखे जाएंगे इसके बाद उन्हें विभिन्न नदियों में अस्थि विसर्जन के लिए रवाना किया जाएगा उपभोक्ता महासम्मेलन अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन ने आज भोपाल के मानस भवन में महासम्मेलन का आयोजन किया सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ विशेष अतिथि के रूप में शामिल हए वहीं अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की सम्मेलन में उपभोक्ता संरक्षण और आरटीआई कानून को लेकर विचार विमर्श हुआ दिव्यांग शिविर दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए प्रदेष में दिव्यांगों की सहायता के लिये संचालित एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत शिविरों का आयोजन किया जाएगा

टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाधिन ने तीन शावकों को जन्म दिया है

इस सम्बंध में आज पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक केएस भदौरिया ने बताया कि पार्क के एरिया में ये बाघिन तीन शावकों के साथ विचरण कर रही है ईद ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्यौहार कल मनाया जायेगा इसका अवकाश भी कल रहेगा देश के विभिन्न इलाकों में चांद दिखने के कारण सरकार ने समी शासकीय कार्यालयों में बाईस अगस्त को अवकाश की घोषणा की है पहले यह अवकाश तेईस अगस्त को था

राजधानी में आज सुबह एक किशोर भी नाले में बह गया जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है रात भर चली बारिश से शहर की निचली बस्तियों और सड़कों पर पानी भर गया है वहीं हरदा की अजनाल नदी ऊफान पर है हरदा खंडवा राजमार्ग बंद हो गया है गुप्तेश्वर मंदिर पुल डूब गया है और निचली बस्तियों में पानी भरने की आशंका है कल रात भर हुई भारी बारिश से रायसेन जिला मुख्यालय को भोपाल विदिशा और सागर से जोड़ने वाले सभी रास्तों पर पानी भरने से यहां सड़क संपर्क ट्रट गया हैं रायसेन भोपाल मार्ग पर कई किलोमीटर लम्बा जाम लगने की खबर है विदिशा जिले में बेतवा सहित नेवन नदी उफान पर है ग्राम लालाखेड़ी सजदाखेड़ी आदि गांव में पानी ध्सने की सूचना पर पुलिस बल और रेस्क्यू टीम मोके पर पहुची

प्रदेश के शेष हिस्सों में कुछ स्थानो पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है इसके पहले राजधानी भोपाल में कल शाम से चल रहा बारिश का दौर आज भी जारी है विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मानसून संबंधित गतिविधियों में अचानक तेज़ी आयी है अमी कुछ दिन मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है

खुरई ने जिले के बारह विकासखण्डों में सबसे अच्छा काम किया है

टीम यहां पर खुले में शौच से मुक्ति अभियान की सफलता की समीक्षा करेगी